रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सीमाओ का इतिहास लिखे जाने की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है

इस परियोजना के तहत सीमाओं का सीमाकन स्रक्षा बलों की भूमिका और सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन एवं संस्कृति को भी शामिल किया जायेगा इस परियोजना के दो वर्ष में पूरा हो जाने की उम्मीद है रक्षा मंत्री ने कहा कि आम जनता और अधिकारियों को सीमाओं की बेहतर समझ के लिए देश की सीमाओं का इतिहास लिखा जाना जरूरी है केन्द्रीय शहरी एवं आवास मामलों बारे मंत्री हरदीप सिह प्री ने कहा है कि शहरी योजना तैयार करने में आमूल परिवर्तन की जरूरत है ताकि विकास की निरंतरता बनी रहें वह आज नई दिल्ली में भवन वास्तुशिल्प में उभरते रूझान विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार के उदघाटन अवसर पर बोल रहे थे

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज इलैक्ट्रोनिक सिगरेट के उत्पादन आयात वितरण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक अध्यादेश की स्वीकृत प्रदान की है

उन्होंने कहा िक य्वाओं पर ई सिगरेट के प्रभाव को देखते हये यह निर्णय लिया गया पहली बार अपराध करने वालों के लिए एक साल की कैद और एक लाख रूपये के जुर्माना का प्रस्ताव है ई सिगरेट बैटरी से चलने वाले उपकरण है जो निकोटीन युक्त घोल को गर्म करके ऐरोसोल बनाते है जो एक नशीला पदार्थ होता है ई सिगरेट को प्रतिबधित करने का निर्णय जनसंख्या विशेष रूप में युवाओं और बच्चों को ई सिगरेट की लत के जोखिम से बचाने में मदद करेगा

डाक विभाग ने बोसनिया हर्जेगोविना ब्राज़ील इक्याडोर कज़ाकिस्तान लिथ्आनिया और उत्तर मैसेडोनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट ईएमएस को शुरू करने की घोषणा की है एक्सप्रेस मेल सर्विसस ईएमएस से लोगों के दस्तावेज़ और सामान को शीघ्रता से पहचांया जा सकता है एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन देशों के लिए ये सेवा देश के प्रम्ख डाकघरों में उपलब्ध होगी इस सेवा के अंतर्गत सामान पहचानें के बारे में इंटरनेट के माध्यम से ट्रैक भी किया जा सकता है

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फसल कटाई प्रयोगों के संचालन के लिए संबंधित प्राथमिक कामगारों की सहायता के लिए अतिरिक्त मानवशक्ति के रूप में सक्षम युवाओं को लगाने का निर्णय लिया है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये फसल कटाई प्रयोग किसानों के खेतों में संचालित किए जाएंगे

उन्होंने बताया कि यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी पारिश्रमिक केवल उन फसल कटाई प्रयोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा जो सीसीई एप्प के माध्यम से किए गए हैं

ये फसल कटाई प्रयोग डेढ़ महीने की छोटी सी अवधि के भीतर किए जाएंगे जिनके लिए बड़ी संख्या में मानवशक्ति की आवश्यकता है

परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी करने के साथ ही प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

परीक्षा के लिए एसडीएम रेवाड़ी को नोडल अधिकारी बनाया गया है

इसमें शारीरिक जांच में सफल होने वाले उममीदवारों को यह मौका दिया जा रहा था उम्मीदवार दस अक्तूबर को अपने एडमिट कार्ड सहित सेना भर्ती कार्यक्रम में सम्पर्क कर सकते है शहीद मदन लाल पींगरा की जंयती के अवसर पर आज शहीद मदनलाल पींगरा संघर्ष समिति भिवानी ने नेहरू पार्क के निकट शहीदी की प्रतिमा के समक्ष पृष्प् अर्पित कर उनकी जयंती मनाई गई

समिति के अध्यक्ष नवीन धमीजा ने कहा कि देश की आज़ादी मे सबसे पहले आहति मदन लाल पींगरा ने दी थी उन्होंने कहा कि शहीद मदन लाल पींगरा ने एक समारोह में निशाना साधते हये वायली को गोली मार कर देश में आज़ादी का बिग्ल बजाया था पलवल के गांव अलावलप्र में आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्राओं ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली रैली के दौरान छात्राओं ने नारे लगाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया

वह अब जर्मनी की मारिया प्रेवोलास्की के खिलाफ कांस्य पदक मुकाबले में उतरेगी

यम्नानगर प्रशासन ने आज खनन जोन से लगते भूड ताजेवाला मार्ग पर लोहे के एंगल लगाकर इसे बंद कर दिया है जिला खनन अधिकारी राजीवन धीमान ने बताया कि ताजेवालाडेकड़ीवाला व सरकारी गौसदन जंगल में बीते काफी दिनों से अवैध खनन की शिकायते मिल रही थी भूड ताजेवाला के इस मार्ग से काफी संख्या में खनन सामग्री लेकर वाहन निकल रहे थे